पंजाब के राज्यपाल और चण्डीगढ के प्रशासक वीपी सिंह बधनोर ने कहा है कि सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए कर्फयू में दो घंटे की ढील की बजाए सुबह से शाम तक कुछ शर्तों के साथ ढील देने का फैसला लिया गया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तालाबंदी के दौरान प्रवासी श्रमिकों के लिए सुरक्षित शिविर लगाकर भोजन और आवास की व्यवस्था करने के आदेश दिये

विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयुष डॉक्टरों से बातचीत करते हए श्री मोदी ने कहा कि आयुष का नेटवर्क देशभर में फैला हओ है उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए इस नेटवर्क का उपयोग करना आवश्यक है श्री मोदी ने तनाव को कम करने और शरीर को स्वस्थ्य रखने के लिए हैशटैग योगा एट होम को बढावा देने में आयुष मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की

श्री मोदी ने कहा कि आयुष के वैज्ञानिक भारतीय आर्युविज्ञान अनुसंधान परिषद वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और अन्य अनुसंधान संगठनों को मिलकर प्रमाण आधारित अनुसंधान करना चाहिए

ट्वीटर पर लोगों को जवाब देते हुए श्री मोदी ने कहा कि रेडियो की पहुंच बेमिसाल है उन्होंने कहा कि यह वो समय है जब लोगों में सकारात्मकता बढाने और चिंता घटाने की जरूरत है

पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इसके साथ ही देश में संदिग्ध व्यक्तियों में बीमारी के लक्षणों का पता लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने इस बीमारी के टीका परीक्षण में शामिल होने का संकेत दिया है

पंजाब के राज्यपाल और चण्डीगढ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने कहा कि लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आज कफर्यू में कुछ शर्तों के साथ ढील दी गई है जिस दौरान लोगों ने प्रशासन द्वारा दुकानों के सामने लगाए गए निशानों पर खड़े होकर सामाजिक दूरी बनाये रखते हुए खरीददारी की

मौजूदा स्थिति की जंग की स्थिति से तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि इस जंग के खिलाफ लड़ाई की अगुवाई कर रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जारी निर्देशों अनुसार ही कार्य किया जा रहा है उन्होंने कहा कि शुरूआती दौर में आई मुश्किलों का हल की लिया गया है दूध और सब्जी जैसी आवश्यक चीर्जों की घरों के पास आपूर्ति शुरू हो गई है उन्होंने कहा कि मेडीकल स्टाफ को डयूटी पर छोड़कर वापिस मोहाली या पंचकूला जा रहे लोगों को आ रही समस्या के समाधान के लिए मोहाली और पंचकूला के प्रशासन के साथ तालमेल हो गया है और ई पास की सुविधा भी शुरू कर दी गई है उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए समाज सेवी संस्थाओं गुरूद्वारों और जेल की मैस के साथ भी तालमेल किया गया है उन्होंने कहा कि जोमैटो की भी घरों में भोजन सप्लाई करने के लिए सेवा ली जायेगी

राज्यपाल के सलाहकार मनोज परीदा ने भी प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रबंधों और कफर्यू में ढील देने की जरूरत बारे विस्तार से बताया प्रैस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पीजीआई के निदेशक डॉ जगत राम ने बताया कि संस्थान द्वारा ओपीडी बंद करने का फैंसला सही साबित हुआ

उन्होंने कहा कि अब पीजीआई में वेंटीलेटर की गिनती बढाई जा रही है और मास्क व सैनीटाईजर का प्रर्याप्त भंडार मिल चुका है श्री बदनौर और उन्होंने लोगों से अपील की कि वे स्थिति को युद्ध की तरह लें और अनजान व्यक्तियों से सामाजिक दूरी बनाए रखें राज्यपाल ने कहा कि लोगों को भूख से न मरना पड़े इसलिए कफर्यू में आगे भी ढील दी जायेगी साथ ही उन्होंने एक घर से एक पुरूष के ही खरीददारी के लिए निकलने की अपील की हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी जिला प्रशासन के अधिकारियों को तालाबंदी के दौरान प्रवासी श्रमिकों के लिए जिलों में सुरक्षित शिविर बनाकर इन श्रमिकों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सुरक्षित शिविरों में इन सभी श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच की जाये ताकि कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना वायरस से संक्रमित हो तो इसकी समय रहते जांच हो सके और इसे अलग से निगरानी में रखा जा सके मुख्यमंत्री ने यह निर्देश आज चण्डीगढ़ में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संकट समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिये

भिवानी में आज कोरोना वायरस का एक संदिग्ध मामला सामने आया है हमारे संवाददाता ने बताया है कि मरीज टैक्सी चालक है और उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है मरीज की जांच रिपोर्ट आनी अभी बाकी है

पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें अदालत में पेश किया गया लेकिन सभी को जमानत दे दी गई है